गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपी सी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए

इसमें ज्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आबंटित की गई बिक्रम ठाकर ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले अढ़ाई वर्षो से स्वर्णिम हिमाचल के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि शिमला के आईजीएमसी में स्थापित पेन एंड पैलीएटिव इकाई को और विकसित करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी विश्व हॉस्पिस व पैलीएटिव दिवस के अवसर पर आईजीएमसी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि यहां इस इकाई का गठन हाल ही में किया गया है और भविष्य में इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ये पूर्ण विकसित विमाग के रूप में अपनी सेवाएं दे सके राजेन्द्र गर्ग प्रदेश सरकार आयकर अदा करने वाले उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने हमीरपुर के झनियारी में डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं को डिपो से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री मिलेगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी उन्होंने कहा कि डिपो संचालकों व सहकारी सभाओं की समस्याओं के समाधान के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा

कांग्रेस शुक्ला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने केन्द्र द्वारा पारित किसान बिल को मात्र पूंजीपतियों को लाम पहुंचाने वाला बताया है मंडी में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के हित को देखते हुए इस बिल को खारिज किया जाएगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केन्द्र सरकार को इस बिल के संबंध में जो सुझाव दिए थे उसे स्वीकार नहीं किया गया

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर अटल टनल रोहतांग का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया उन्होंने टनल के पास शिलान्यास व लोकार्पण दोनों की पट्टिकाएं समानांतर न लगाने पर भी एतराज जताया इससे पूर्व किसान बिल के विरोध में मंडी शहर में एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस पर मंडी में आयोजित किसान सम्मेलन के नाम पर अनुशासनहीनता व सोशल डिस्टेंसिंग की घज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है